तीन जिलों दौसा धौलपुर और करौली में एक भी नया मामला सामने नहीं आया

तीनों मरीज एक ही परिवार के हैं और सादुलशहर के रहने वाले हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि इन मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है

आज का सवाल है क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी इसका सही जवाब है कि सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथकिता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है पहले समूह में हैल्थकेयर और फ़ंटलाइन वर्कर शामिल हैं

इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाएगा

युवा मामले और खेल विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं

श्री निशंक ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी

चूरू जिले के बीदासर और रतनगढ़ में ओलावृष्टि हुई है उधर झुंझुनूं से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई क्षेत्रों में बारिश के कारण पानी भी भर गया

मौसम विभाग ने आज जयपुर सीकर चूरू नागौर हनुमानगढ़ अजमेर चित्तौड़गढ़ अलवर और झुंझुनूं तथा इनसे लगते क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है